ख्वा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से करेंगे जन सम्पर्क अभियान की शुरूआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में घर घर जाकर करेंगे लोगों को जागरूक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र कहा सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध झांसी में दीवार गिरने से हुये हादसे में छः मजदूरों की मौत छः अन्य घायल भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज से देश भर में दस दिन का जनसंपर्क अभियान चलाएगी अभियान के अंतर्गत भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में तथ्यों से अवगत कराएंगे अभियान का उद्देश्य विपक्षी दलों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों के बीच किए जा रहे दुष्प्रचार को विफल करना है माजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में आज अभियान में शामिल होंगे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गाजियाबाद से अभियान की शुरूआत करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लोगों को घर घर जाकर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में तथ्यों से अवगत कराएंगे इस अभियान के अंतर्गत भाजपा ने टोल फ्री नम्बर आठ आठ छः दो आठ आठ छः छः दो भी जारी किया है इस नम्बर पर लोग मिस्ड कॉल देकर इस कानून का समर्थन कर सकते हैं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कल गुवाहाटी में एक जनसभा में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत केवल उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण इकत्तीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत में आ चुके थे श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह कर रही है उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश के हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने का सम्थन किया था लेकिन पड़ोसी देशों में घार्मिक भेदभाव के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की पहल नरेन्द्र मोदी सरकार ने की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य भारत के तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अत्यसंख्यक समुदायों की सहायता करना मात्र है कल देहरादून में उन्होंने कहा कि अत्यसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रथम प्रघानमंत्री लियाकत अली के बीच समझौता हुआ था भारत ने इस समझौते का पालन किया है लेकिन पाकिस्तान में अत्यसंख्यकों की हालत दयनीय है उन्होंने कहा कि श्री ननकाना साहिब की घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार का ताजा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर भीड़ के हमले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है पार्टी ने कहा है कि इससे यह साबित होता है कि एनडीए सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता संशोधन कानून बहुत सार्थक है यह कानून पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत देने के लिए लाया गया है पार्टी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यकों पर लगातार हिंसा हो रही है सिक्ख मजहब की सबसे पवित्र गुरूद्वारा है जहां पर बाबा नानक का जन्मस्थान है उसके साथ अगर बर्बरता का व्यकहार हो सकता है तो आप सोविए आए दिन वहां पर जनता के साथ क्या व्यक्हार होता होगा और ये व्यक्हार केवल सिक्खों के साथ नहीं हो रहा बलकि सिक्खों हिन्दुओं इसाईयों ज्यूराप्ट्रेरान जितने भी तोग जिनकों पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है यहीं कारण है कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है उपमुख्यमंत्री डॉदिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे नागरिकता संशोधन कानून के बारे दुष्प्रचार कर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं डाक्टर शर्मा ने कल हरदोई ज़िले के बरवन गांव में आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कूशल नेतृत्व में देश के चहूमुखी विकास के लिये काम किये जा रहे हैं जिससे विपक्षी पार्टियां परेशान है उन्हॉने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून कूछ पड़ोसी देरों में उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिये बनाया गया है इस कानून का उद्देश्य किसी को नागरिकता से वंचित करना कृतई नहीं है इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने एक हजार दो सौ गरीब निराश्रित और दिव्यांगजनों को कम्बल बांटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार सैनिकों के कल्याण और उनके सम्मान की रक्षा के लिये संवेदनशील है उन्होंने कहा कि सेना के मौजूदा और पूर्व सैनिकों के हित में पूरी प्रतिबद्वता के साथ काम किया जा रहा है श्री योगी कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के ग्यारह अमर शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समूह ब और स श्रेणी की नौकरियों में पांच प्रतिशत पदों पर पूर्व सैनिकों को आख्वण के आघार पर नियुक्ति देने के लिये प्रमावी ढंग से प्रयास कर रही है श्री योगी ने कहा कि सैनिकों के कल्याण और उन्हें सुविवायें देने के लिये साढ़े पांच करोड़ रूपये से प्रयागराज मेरठ कौशाम्बी और मऊ में सैनिक कल्याण कार्यालय और विश्राम गृहों का निर्माण कराया जा रहा है जबकि नौ ज़िलों में साढ़े तीन करोड़ रूपये की लागत से सैनिक विश्राम ग्रहों का जीर्णोद्वार कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन यापन के लिये तीन लाख रूपये तक के बैंक ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज भी सरकार वहन करेगी मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पहली बार फरवरी माह में होने वाले डिफेन्स एक्सपो का जिक्र करते हुये कहा कि इससे रक्षा क्षेत्र की अत्याध्रनिक तकनीक और शस्त्रो का अवलोकन करने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा कि इसके साथ ही डिफेन्स कॉरीडोर में निवेश भी बढ़ेगा जिससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी आगामी आठ जनवरी को पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी यह जानकारी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने कल लखनऊ में दीं उन्होंने बताया कि आठ जनवरी को यह परीक्षा प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के लिये सुबह दस बजे से साढ़े बारह बजे तक और द्वितीय पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के लिये दोपहर ढाई बजे से शाम पांच बजे तक करायी जायेगी सुश्री कूमार ने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम सात फरवरी को घोषित किया जायेगा राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं की शिकायत पंजीकृत करने के लिये थानों में अलग व्यवस्था की सिफारिश की है आयोग के सदस्य परविन्दर सिंह ने कल प्रतापगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुये कहा कि इस नई व्यवस्था के बारे में प्रमुख सचिव गह से जल्द ही विस्तृत बातचीत की जायेगी ताकि इसे प्रदेश के समी थानों में शौघ्र लागू किया जा सके श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार अत्यसंख्यकों के कल्याण के लिये कई काम कर रही है और कई केन्द्रीय योजनाओं को प्रमावी ढंग से लागू किया गया है झांसी ज़िले के बरूआ सागर क्षेत्र में एक हादसे में छः मज़द्रों की मृत्यु हो गई और छः अन्य घायल हो गये यह दुर्घटना कल उस समय हुई जब लक्ष्मणपुरा स्थित कैलाश स्टोन क्रेशर की निर्माणबीन दीवार गिरने से वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गये पुलिस ने राहत कार्य के दौरान घायल मजदूरों को मलबे से बाहर निकाल कर स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुये शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त की है उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने तथा पीड़ितों को जरूरी आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को तीन तीन लाख रूपये घायलों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है भारत के सत्तरवें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में अलीगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है प्राधिकरण की सचिव तुलिका बंद्र ने बताया कि इसके तहत मोबाइल वैन से डाक्यूमेन्ट्री फिल्म दिखाकर लोगों को उनके मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है प्रचार प्रसार का यह अभियान आगामी चौदह अप्रैल तक चलेगा इसकी शुरूआत सोलह दिसम्बर से हुई थी आगामी छ जनवरी से ग्रुरू होने वाले सघन मिशन इन्द्रबनुष अभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए कल शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विमाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया रैली को जिलाधिकारी इन्द्रविक्रम सिंह ने झण्डी दिखाकर रवाना किया इस रैली के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं और स्वास्थ्यकर्ताओं ने लोगों को नियमित टीकाकरण के लिए जागरूक किया